वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में बताया कि उच्चतम न्यायलय के आदेश के अनुरूप इसका अंतिम फैसला आने के बाद नई तिथि की घोषणा की जाएगी ई वे बिल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी के तहत आज से देशभर में ई वे बिल व्यवस्था लागू हो गई है

सरकार इसे टैक्स चोरी रोकने और टैक्स क्लेक्शन बढ़ाने के उपाय के तौर पर पेश कर रही है अमी ज्यादातर कारोबार नकद में होता है ई वे बिल में ऐसा कारोबार हिसाब में आयेगा और जीएसटी लगने से टैक्स कलेक्शन बढ़ने की उम्मीद है किशन कपूर खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने कहा है कि सरकार लोगों के उत्थान और विकास के लिए वचनबद्व है पालमपुर के सलियाणा में आयोजित छिंज मेले में उन्होंने कहा कि लोगों को उचित मुल्य की द्वकानों में कम भाव और ग्रणवत्तापूर्ण राशन दिए जाने के निर्देश विभाग को दिए गए हैं और खाद्य पदार्थो की ग्रणवत्ता में किसी प्रकार की कोताही सहन नहीं की जाएगी

विधायक रविन्द्र धीमान ने भी इस मौके अपने विचार व्यक्त किए वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि ग्रामीणों की आर्थिकी मज़बूत बनाने के लिए विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा वे कल ऊना जिले में बंगाणा के लठियाणी में मत्स्य पालकों व मछ्आरों के लिए आयोजित एक जागरूकता शिविर में बोल रहे थे वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि कृषि बागवानी और पश् व मत्स्य पालन में रोजगार व स्वरोजगार की अपार संभावनाएं हैं उन्होंने युवाओं से सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आत्म निर्भर व स्वावलम्बी बनने का आहवान किया इस मौके सांसद अनुराग ठाक्र ने युवाओं को स्वरोजगार की तरफ प्रेरित करने की ज़रूरत बताते हुए ग्रामीण स्तर पर कृषि बागवानी पशुपालन और मत्स्य पालन पर बल दिया उन्होंने पानी के स्तर को बेहतर बनाए रखने के लिए जल संरक्षण और इको सिस्टम के विकास की आवश्यकता भी बताई

यह पर्व प्रभू ईसा मसीह के सलीब पर चढ़ाए जाने के बाद फिर से जीवित होने के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है देश के विभिन्न भागों में लोग श्रद्दापूर्वक ईस्टर मना रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने का पवित्र दिन ईस्टर लोगों के लिए खुशियां लेकर आता है उन्होंने आशा प्रकट की कि ईसा मसीह की ॅशिक्षाएं विभिन्न धर्मो के बीच समानताओं को समझने में लोगों का मार्ग प्रशस्त करेंगी और इससे शांति तथा भाईचारा बढ़ेगा

इस दौरान सदन में प्रश्नकाल के अलावा अन्य शासकीय व विधायी कार्य निपटाए जाएंगे सदन की समितियों के प्रतिवेदन सभा पटल पर उपस्थापित किए जाएंगे

सीबीएसई केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि बारहवीं कक्षा के हिन्दी और राजनीति विज्ञान के जो पश्न पत्र सोशल मीडिया व्हाट्सएप और यू ट्यूब पर प्रचारित किए जा रहे हैं वे फर्जी हैं एक सरकारी विज्ञप्ति में बोर्ड ने सूचित किया है कि सोशल मीडिया पर प्रचारित किए जा रहे प्रश्न पत्र या तो फर्जी हैं या पिछले वर्ष के हैं

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव ने अपने टवीट में यह बात कही है स्वच्छता स्वच्छ भारत मिशन के तहत बिलासपुर में स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग ने आज से स्वच्छता पखवाड़ा शुरू किया इसके शुभारम्भ अवसर पर विधायक सुभाष ठाकुर ने सभी से स्वच्छता में अपना योगदान देने की अपील की तॉकि सुंदर स्वच्छ व स्वस्थ हिमाचल की परिकल्पना साकार हो सके उन्होंने कहा कि स्वच्छता पखवाड़े के दौरान जिले के सभी प्राकृतिक जल स्रोतों जल भण्डारण टैंकों और सार्वजनिक स्थलों की सफाई की जाएगी